सबसे अधिक गया में छप्पन प्रतिशत वोट डाले गये

लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राज्य की चार सीटों गया जमुई नवादा और औरंगाबाद में तिरपन दशमलव छह प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि सबसे अधिक गया में छप्पन प्रतिशत वोटिंग हुई वहीं औरंगाबाद में पचास प्रतिशत नवादा में बावन दशमलव पांच प्रतिशत और जमुई में चौवन प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया वहीं नवादा विधानसभा उपचुनाव के लिये बावन प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया लोकसभा चुनावों के चौथे चरण के लिए आज नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है इस चरण में उनतीस अप्रैल को राज्य के पांच संसदीय क्षेत्रों दरभंगा उजियारपुर समस्तीपुर बेगूसराय और मुंगेर में मतदान होना है इधर पांचवें चरण के पांच सीटों के लिये नामांकन के दूसरे दिन चार उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सीतामढ़ी से तीन उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया इनमें जदयू के सुनील कुमार पिंटू राजद के अर्जुन राय और मधुबनी से भाजपा के अशोक कुमार यादव शामिल हैं पांचवें चरण में सीतामढ़ी सारण हाजीपुर मुजफ्फरपुर और मधुबनी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होगा इस चरण में नामांकन भरने की अंतिम तिथि अठारह अप्रैल है दूसरे तीसरे और चौथे चरण के लिये चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान आज कटिहार पूर्णिया किशनगंज और सुपौल में कई सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव आज बांका खगड़िया और कटिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी तरह की प्रोन्नति और विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठकों पर रोक लगा दी है सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश और केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद बिहार में बीस जुलाई दो हजार अठारह से प्रोन्नति की व्यवस्था बदल दी गयी थी प्रोन्नति में आरक्षण के पुराने नियमों के तहत प्रोन्नति देने का आदेश जारी किया गया था राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि उच्च शिक्षा के विकास के बगैर किसी प्रदेश या राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राजभवन के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुये राज्यपाल ने कहा डिजिटाइजेशन और आधुनिक शिक्षा की नीव पर प्राचीन काल से लेकर आज तक जितनी भी ज्ञान की शाखायें विकसित हुयी उनमें अपने समय के विज्ञान का ही योगदान है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद तीन विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की है संजीव शर्मा को मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है खनन विभाग ने राज्य में बालू गिट्टी सहित लघू खनिज के खुदरा कारोबार करने के लिये लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नये लाइसेंस फार्म देने और प्रराने लाइसेंस के नवीकरण की प्रक्रिया सरकार की अनुमति मिलने के बाद शुरू की गयी है इस बार लाइसेंस देने में नयी शर्तें जोड़ी गयी है नयी शर्तों में भंडारित खनिज के श्रोत के बारे में बताना होगा आयुष्मान भारत योजना के तहत चयनित मरीजों को अब अस्पतालों में बायोमेट्रिक हाजरी लगानी होगी इस प्रक्रिया का पालन पंद्रह अप्रैल से राज्य के सभी सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों को करना होगा इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज के समय मरीजों की बायोमेट्रिक मशीन से सत्यापन को अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया गया है इसके लिये आधार नम्बर बताना होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है इधर राज्य सरकार आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को जोड़ने के लिये अभियान चला रही है पटना सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के कई इलाकों में बादल छाये रहेंगे इन इलाकों में तेज हवा चलने के साथ बारिश भी हो सकती है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुये कहा है कि पटना से गया तक धूल भरी आंधी चल सकती है हवा की रफ्तार तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे रहेगी इधर आर्द्रता सत्तर प्रतिशत होने के कारण उमस के साथ तेज गर्मी महसूस की जा रही है सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व चैती छठ आज उदयीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही समाप्त हो गया श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों सरावरों और अपने छतों पर भागवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया इस दौरान पटना के दुल्हिन बाजार स्थित उलार सूर्य मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गयी पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी के घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये थे प्रशासन की ओर से गंगा नदी में नौका के परिचालन पर भी आज दोपहर तक के लिए रोक लगा दी गयी है इधर वासंती नवरात्र के आज सातवें दिन मां कालरात्री की पूजा अर्चना की जा रही है चैत्र शुल्क नौवीं के मध्यान में कल भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया जायेगा धार्मिक मान्यता के अनुसार कल शनिवार को प्रातः आठ बजकर पच्चीस मिनट तक अष्टमी है

रामनवमी को लेकर राजधानी सहित पूरे प्रदेश में विशेष इंतजाम किये गये हैं श्रद्दालुओं की सहुलियत के लिये पटना स्टेशन स्थित हनुमान मंदिर का पट आज देर रात दो बजे खोल दिया जायेगा महावीर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया है इसके अलावा रामनवमी शोभा यात्रा को नियंत्रित करने के लिये पूलिस बल के साथ साथ स्वयं सेवकों की भी तैनती की गयी है केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीयूसीईटी दो हजार उन्नीस की परीक्षा देशभर में तय केंद्रों पर पच्चीस और छब्बीस मई को आयोजित की जायेगी इस परीक्षा के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि बीस अप्रैल निर्धारित की गयी है इधर इंटरमीडिए कंपार्टमेंटल परीक्षा दो हजार उन्नीस में शामिल होने के लिये आज बिना बिलंव शुल्क ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम मौका है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से पांच अप्रैल से दस अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि घोषित की गयी थी पूर्व मध्य रेल ने नन इंटरलॉकिंग कार्य को देखते हुये ट्रेन नम्बर एक तीन दो पांच सात राजेंद्र नगर आनंद विहार सोलह से तेईस अप्रैल तक जबकि ट्रेन नम्बर एक तीन दो पांच आठ आनंद विहार राजेंद्र नगर सत्रह अप्रैल से चौबीस अप्रैल तक रद्द रहेगी इसके अलावा बरौनी अंबाला हरिहर एक्सप्रेस अठारह से बाईस अप्रैल तक और अंबाला बरौनी हरिहर एक्सप्रेस सोलह से बीस अप्रैल तक जबकि पाटलिपुत्र चंडीग्रह एक्सप्रेस सत्रह से इक्कीस अप्रैल तक रद्द रहेगी इधर पूर्व मध्य रेल की ओर से पटना में चौसठवां रेल सप्ताह का आयोजन किया गया इस समारोह में पूर्व मध्य रेल के पांचों मंडलों में दानापुर को अठारह शिल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया भागलपुर के सैंडिस गेट पर युवा बजरंग दल के अध्यक्ष कृष्ण देव राज उर्फ शामु की अपराधियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी मृतक सबौर के फतेहपुर का रहने वाला है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में लगातार चलाये जा रहे वाहन जांच और छापेमारी अभियान में पौने पांच करोड़ रूपये से अधिक की नकदी जब्त की गयी है मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनूसार भारत नेपाल सीमा पर विभिन्न जिलों में बत्तीस लाख चौदह हजार रूपये से अधिक की नेपाली करेंसी जब्त की गयी है छपरा में आयोजित राज्य स्तरीय रणधीर वर्मा क्रिकेट टूर्नामेंट में सीतामढ़ी ने शिवहर को आठ विकेट से पराजित कर दो अंक प्राप्त किया है शिवहर की टीम सैंतीस दशमलव तीन ओवर में ही एक सौ सत्ताईस रनों पर ऑल आउट हो गयी इसके जवाब में सीतामढ़ी ने सोलह ओवर चार गेंद में ही दो विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया पटना में सोलह अप्रैल से सुखदेव नारायण स्कूली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पहले चरण के मतदान से जूड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है चढ़ते पारे में वोटों की हुई बारिश प्रभात खबर लिखता है पहले चरण में नवादा जमुई औरंगाबाद और गया में हुआ मतदान तिरपन फीसदी पड़े वोट दैनिक जागरण का शीर्षक है नक्सली खौफ पर खूब पड़ी वोट की चोट दैनिक भास्कर ने लिखा है बिहार समेत बीस राज्यों की इक्यावन सीटों पर हुयी छियासठ प्रतिशत वोटिंग इनमें दस राज्यों में चुनाव खत्म

सबसे अधिक गया में छप्पन प्रतिशत वोट डाले गये